टीकाकरण अभियान पहली मई से

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण का मतदान अब से थोड़ी देर पहले शुरू वोट शाम छ बजे तक डाले जायेंगे और राज्य में कोरोना संक्रमित होने वालों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से देश में अट्ठारह वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण के पंजीकरण की प्रक्रिया कल शाम चार बजे शुरू हो गयी टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण पहली मई से शुरू हो रहा है इसके लिए पंजीकरण कोविन पोर्टल आरोग्य सेत् ऐप और उमंग ऐप पर कराया जा सकता है

इस चरण में वैक्सीन निर्माता मासिक कोटे की पचास प्रतिशत वैक्सीन की आपूर्ति केन्द्र सरकार को करेंगे जबकि पचास प्रतिशत वैक्सीन राज्यों को और खले बाजार में जारी की जा सकेगी इस फेज में टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और वहीं से लोगों को टीका लगवाने की जगह और तारीख का पता चलेगा पिछले चरण की तरह लोग फेज में जाकर टीका नहीं लगावा सकेंगे लोगों को अपने मोबाइल नम्बर में माध्यम से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा इस पोर्टल पर उन्हें जरूरी जानकारियों के अलावा एक फोटो युक्त पहचान पत्र अपलोड करना होगा इसके बाद उन्हें टीकाकरण की तारीख अपनी सुविघा के अनुसार तय करना होगा इन प्रक्रियों को पूरा करने के बाद मोबाइल पर पंजीकरण पुष्टि का एक मैसेज आयेगा जिसे टीकाकरण के समय दिखाना होगा इस चरण में केन्द्र ने राज्यों और निजी अस्पतालों को भी उत्पादक से टीका खरीदने का भी छुट दी है

चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कंसेंटेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए

इन संयंत्रों को घरेलू निर्माताओं को डी आर डी ओ और सीएसआईआर द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके लगाया जाएगा पीएसए संयंत्रों की स्थापना और पोर्टेबल ऑक्सीजन की खरीद से ऑक्सीजन की आपूर्ति में काफी वृद्धि होगी जिससे संयत्रों से लेकर अस्पतालों तक ऑक्सीजन के परिवहन में आ रही कठिनाईयों को दूर किया जा सकेगा

इस सिस्टम ने काम करना भी शुरू कर दिया है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बात की जानकारी देते हए कल बताया कि यह व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है श्री अवस्थी ने बताया कि यह प्लेटफार्म प्रदेश के खाद्य सरक्षा एवं औषधि प्रशासन चिकित्सा शिक्षा विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग परिवहन एवं गृह विभाग के सहयोग से कार्य कर रहा है राज्य में ऑक्सीजन की सप्लाई देने वाले वाहनों की रियल टाइम लोकेशन की इस डिजीटल प्लेटफार्म के माध्यम से मॉनिटरिंग व ट्रेकिंग होने से अस्पतालों की मॉग पर यथाशीघ्र ऑक्सीजन की व्यवस्था सुलभ हो रही है

उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिये प्रदेश सरकार भारतीय वाय् सेना की मदद भी ले रही है उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार पांच बड़े ऑक्सीजन के टैंकर प्रदेश को उपलब्ध करा रही है ऑक्सीजन के परिवहन में खास सुरक्षा बरती जा रही है प्रत्येक टैंकर को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सामान्य निर्वाचन में चौथे और अंतिम चरण के सत्रह जिलों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो गया वोट शाम छ बजे तक डाले जायेंगे इस चरण में जिन जिलों में मतदान हो रहा है उनमें बुलन्दशहर हापुड संभल शाहजहांपुर अलीगढ़ मथुरा फर्रुखाबाद बादा कौशाम्बी सीतापुर अम्बेडकर नगर बहराइच बस्ती क्शीनगर गाजीपुर सोनभद्र और मऊ शामिल है राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान के लिये व्यापक प्रबंध किये हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज क्मार ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केन्द्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी बंदोबस्त करने को कहा है

यह जानकारी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस बात के कड़े निर्देश दिये हैं कि कोई भी गरीब कोरोना मरीज अस्पतालों में गर्ती होने से वंचित न रहे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीब मरीजों के लिये निजी अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था की है इसके लिये निजी अस्पतालों को प्रदेश सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत भुगतान करेगी निजी अस्पताल में भर्ती होने के लिये पात्र मरीज को जिले के कोविड कमांड सेन्टर से भर्ती होने की अनुमति दी जायेगी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रोफेसर मनिन्द्र अग्रवाल के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं के दल ने देश में कोविड मरीजों की संख्या में शीघ्र ही गिरावट आने का अनमान व्यक्त किया है आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में प्रोफेसर मनिन्द्र अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोविड रोगियों की संख्या में कमी आनी शुरू हो गई है

प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि विशेष गणितीय गणना सूत्र के अनुसार स्पष्ट है कि राज्य में कोविड के प्रमुख केंद्र लखनऊ में रोगियों की संख्या में गिरावट शुरू हो गई है

प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि मई के पहले सप्ताह के बाद कोविड महामारी की दुसरी लहर धीमी हो जाएगी और देश में कोविड रोगियों की संख्या में कमी आ जाएगी

बरेली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक केसर सिंह गंगवार का कल निधन हो गया उन्हें कोरोना संक्रमित होने के बाद कुछ दिन पहले गौतमबुद्ध नगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक केसर सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शान्ति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है उधर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रियाज अहमद खान का आज सुबह बरेली के अस्पताल में निधन हो गया पीलीमीत निवासी श्री खान पिछले कुछ दिनों से कोविड संक्रमित थे और उनका बरेली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था